प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए लोगों से अनूठे उपाय और प्रयोग साझा करने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए है तैयार कहा दो हजार बाईस तक राज्य के किसानों की आय हो जायेगी दोगुनी कल आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बस दुर्घटना में उन्तीस लोगों की मौत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के दिये आदेश आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को संसद ने पारित कर दिया राज्यसभा ने कल इसकी मंजूरी दी लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है इस विधेयक का उद्देश्य लक्षित वित्तीय और अन्य रियायतों लाभ तथा सेवाओं के लिए आधार अधिनियम दो हजार सोलह में संशोधन और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम एक हजार आठ सौ पच्चासी और धन शोधन निवारक अधिनियम दो हजार दो में और संशोधन करना है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बहुत जल्द संसद में डेटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी उन्होंने कहा कि डेटा संरक्षण कानून और इससे संबंधित व्यापक कानून बनाए जाने के सिलसिले में दुनिया भारत की ओर देख रही है प्ररा विश्व भारत के डेटा संरक्षण की ओर देख रहा है भारत समावेशी देश है भारत सुधारों और सशक्तिकरण का देश है इसलिए भारत का डेटा संरक्षण विश्व के लिए मार्गदर्शक होगा चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनुसिंघवी ने यह कहते हुए विघेयक का विरोध किया कि आधार का इस्तेमाल केवल सेवा और रियायत के लिए होना चाहिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिनॉय विश्वम ने भी विधेयक का विरोध किया चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के राजीव चंद्रशेखर और शिव प्रताप शुक्ल ने विधेयक का समर्थन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जल संरक्षण का उल्लेख किया है बेटी वृक्ष और रिक्षक शीर्षक से लिखे ब्लॉग में उन्होंने जल संरक्षण की सदियों प्रानी प्रक्रिया की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने वक्षारोपण के बारे में उनका टवीट पसंद करने के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है उन्होंने इस पहल के प्रति लोगों की उत्सुकता का भी स्वागत किया है प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और बागवानी से जुड़ी उस परंपरागत तकनीक का जिक्र किया है इससे पौधे के लिए प्राकृतिक रूप से ड्रिप सिंचाई को बढावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र में वेरावल क्षेत्र के एक शिक्षक की दिल को छू लेने वाली कहानी साझा की है उन्होंने पेड़ उगाने के लिए स्कूल शिक्षक के अनूठे प्रयोग और क्षारोपण के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के तरीके की भी सराहना की है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से घर में बर्तन धोने के बाद बचे पानी से पौधों की सिंचाई करने का आग्रह किया है उन्होंने ब्लॉग के अंत में लोगों से पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए इस तरह के अनूठे उपाय और प्रयोग साझा करने का अनुरोध किया केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अगले पांच वर्षो में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए कल नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता उत्पादन केन्द्रित योजनाओं के बजाय आय केन्द्रित योजनाओं पर केन्द्रित की है सार्वजनिक परिसरों में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करने संबंधी विधेयक कल लोकसभा में पेश किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा हटाने संबंधी संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया इससे सरकारी आवास में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को तेजी से हटाने में मदद मिलेगी और बारी का इंतजार कर रहे पात्रता वाले लोगों को आवास आवंटित हो सकेंगे इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस लोकसभा में रखा कांग्रेस के नए निर्वाचित संसद सदस्य कल नई दिल्ली में एक प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी राहल गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें संबोधित किया इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जयराम रमेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में शामिल थे कार्यक्रम का उद्देश्य नव निर्वाचित सांसदों को संसदीय प्रणाली की जानकारी देना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत द्वनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है श्री योगी ने कहा कि राज्य में दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी मुख्यमंत्री कल अयोध्या के आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में कृषि विज्ञान केन्द्रों की दो दिक्सीय क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान जिस तरह से दलहन और तिलहन पर काम किया जा रहा है उससे जल्द ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं श्री योगी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि विज्ञान केन्द्रों की अहम भूमिका होगी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सात सौ पचास किलोवाट क्षमता वाले सोलर संयंत्र का श्भारम्भ और एक छात्रावास का शिलान्यास भी किया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में कल से पांच दिनों तक चलने वाले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कार्यक्रम की शुरूआत हो गयी इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और एम एस एम ई कंपिनयों की चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान खोजना है

कार्यक्रम के दौरान पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों से चयनित छात्र छात्राएं विमिन्न मंत्रालयों और एम एस एम ई कंपनियों द्वारा दी जाने वाली चुनौतीपूर्ण समस्याओं पर काम करेंगे उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों पर देश भर के एक सौ अठहत्तर इंजीनियरिंग कॉलेजों से ढाई सौ टीमों के दो हजार प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं कानपुर के आईआईटी केन्द्र पर बारह टीमें भाग ले रही हैं जिसमें छानबे छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं कानपुर को तीन विषयों पर काम करना है जिसमें ड्रोन और रोबोटिक कचरा प्रबंधन और बायोमेडिकल शामिल हैं आगरा जनपद में यमुना एक्सप्रेस वे पर कल सुबह हुई बस दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन आयक्त आगरा के मंडल आयक्त और पुलिस महानिरीक्षक की समिति से जांच कराये जाने के आदेश दिये हैं यह समिति दुर्घटना के कारणों की जांच के साथ साथ भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अपनाये जाने वाले उपायों के संबंध में अपनी संस्तृति देगी मुख्यमंत्री ने इस दर्घटना में यात्रियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है मारे गये सभी मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दी जायेगी वहीं गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ढाई ढाई लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने द्र्घटनास्थल का दौरा किया और चिकित्सालयों में घायलों से मुलाकात कर अधिकारियों को उनके समुचित इलाज के निर्देश दिये गौरतलब है कल प्रातः आगरा के थाना ऐत्मादपुर अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेस वे पर हुई बस दुर्घटना में उन्तीस लोग मारे गये और चौबीस घायल हो गये उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की लखनऊ से दिल्ली जा रही यह बस सड़क से फिसल कर झरना नाले में गिर पड़ी थी पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की बारहवीं पृण्य तिथि पर कल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गयी इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि चन्द्रशेखर और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पर्याय हैं उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने समाजवाद को बचाने का कार्य किया और वह देश में समाजवाद की आखिरी कड़ी थे इस अवसर पर कियानसभा अध्यक्ष हदय नारायण दीक्षित संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना और कार्यक्रम के आयोजक विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह सहित अन्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डाला प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है जिससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं कृषि कार्यो में तेजी आ गयी है वर्षा होने के बाद किसानों ने अपने खेतों की जुताई शुरू कर दी हैं खेतों में धान की रोपाई का काम काफी तेज हो गया है मॉनसून अब पूरे प्रदेश में पहुंच चुका है और तराई तथा पूर्वांचल के जिलों में काफी बारिश हुई है सिद्वार्थनगर मऊ अयोध्या झांसी वाराणसी गोरखपुर कौशाम्वी और चंदौली जिलों में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है उधर मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है